विपक्ष के नेता ने सरकार पर किये गये वायदे प्रा न करने का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि लोग अब नफरत और हिंसा की राजनीति को ठुकरा रहे है संसदीय मामलों के मंत्री अनंत क्मार ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए श्री कुमार ने कहा कि त्रिप्रा नागालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की जीत वैचारिक जीत है उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने बैठक में कहा कि उत्तर पूर्व में विकास को पहल दी जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने पार्टी के सांसदों को देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करने को कहा है

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही मांगों पर हई चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी और विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला दवारा उठाये सवालों का जवाब देते हए सदन के नेता श्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ने कभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पक्का करने का वायदा नहीं किया पार्टी के घोषणा पत्र में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का वायदा किया गया था

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि केन्द्र के हिस्से का मानदेय आने में देरी होने के बावजूद राज्य से पैसे की अदायगी का प्रावधान किया जा रहा है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि क्छ लोग इस मामले में सियासत कर रहे है और अब लाल रंग की चालाकी प्रदेश में नहीं चलने दी जायेगी उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम पर लौटने की अपील भी की

उन्होंने बताया कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ताओं की अर्धक्शल श्रमिक की श्रेणी में लाया गया है अध्यक्ष द्वारा इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा की इजाज़त दिये जाने से पहले उन्होंने किरण चौधरी चौधरी का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम रोको प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था इंडियन नैशनल लोकदल और कांग्रेस ने आज सतल्ज यम्ना लिंक नहर के मुददे पर हरियाणा विधानसभा सदन से वाक आऊट किया शून्य काल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष दवारा इस विषय पर दिये गये काम रोको प्रस्ताव को नामंजुर किये जाने से खफा इनेलो विधायकों ने विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला की अग्वाई में अपना विरोध जताया इनेलो और कांग्रेस दोनों ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मुददे पर चर्चा करवाने की मांग की अध्यक्ष दवारा ये कहने पर कि मामला अभी न्यायालय में है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती विपक्ष ने कहा कि न्यायालय से इस मामले में फैसला आ च्का है इसलिए चर्चा करवाई जानी चाहिए

हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाया कि वायदा करने के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम नहीं किया गया उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापकों कम्प्यूटर शिक्षक और प्रयोगयाला सहायक सहित सभी अस्थाई कर्मचारी संघर्षरत है

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से व्यापारी परेशान है श्री चौटाला ने सत्नत यम्ना लिंक नहर मुद्दे पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आने के बावजूद इसे लागू नहीं करवाया जा रहा श्री चौटाला ने सरकार पर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे किसानों के विरूदव म्कदमें दर्ज करने का आरोप भी लगाया चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने श्री चौटाला को स्पष्ट किया कि आशा वर्कर की अब कोई समस्या नहीं है और उनकी समस्याओं का समाधान हो चुका है

कैप्टन े अभिमन्यू ने श्री चौटाला को कहा कि एसवाईएल मामले में उनकी सरकार ने जो विश्वास दिलाया वो करके दिखाया है और सर्वोच्च न्यायालय से हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया है

उन्होंने छात्रों को बस पास की सुविधा न देने वाली बसों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया हिंसा भड़काने और देश द्रोह मामले में आरोपी हनीप्रीत को आज पंचकूला अदालत में पेश किया गया अदालत ने हनीप्रीत और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने को लेकर बहस हुई लेकिन आज आरोप तय नहीं हो पाये